इस अभियान में शिक्षण संस्थानों स्वास्थ्य पुलिस सामाजिक न्याय व महिला सशक्तिकरण विभाग पंचायतों महिला मंडलों अभिभावकों स्कूली बच्चों व शिक्षकों को शामिल किया जाएगा साथ ही राज्य के उन क्षेत्रों में वैकल्पिक कृषि को भी बढ़ावा दिया जाएगा जहां पारम्परिक तौर पर भांग उगती रही है

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेशभर में ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक राज्य स्तरीय स्पैशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को प्रदेश में लागू करने को भी मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत रात्रि शिमला में एक समारोह में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन व आजीविका परियोजना का श्भारम्भ किया

ये परियोजना न केवल जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करेगी बल्कि राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगी

वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाक्र ने इस मौके पर कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शीन्जो आबे के प्रयासों का परिणाम है

मारकंडा आज केलंग में आयोजित जिला परियोजना सलाहकार समिति की पहली त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जिले में कम कार्य अवधि को ध्यान में रखते हए चालू वित्त वर्ष के लिए आंबटित बजट को स्वयं पर खर्च करें और विकास कार्यो में तेजी लाएं उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार शासन के क्षेत्र में आसाधारण कार्यक्शलता से काम कर रही है इसी का नतीजा है कि पब्लिक अफेयर सेंटर ने हिमाचल को शासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्कार से नवाजा है वन मंत्री ने आज कुल्लू में कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में उन कार्यों को पूरा कर रही है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में अधर में लटके रहें उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग में कई परियोजनाएं बाहरी सहायता से चल रही है जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश स्थानों पर रूक रूक कर मॉनसून की वर्षा जारी है राज्य में हो रही भारी वर्षा से कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हआ है सोलन जिला के भराडीघाट के समीप गतेड़ गांव में बीती रात हुई मुसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ में आधा दर्जन गाड़ियां बह गई और एक गौशाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई राजधानी शिमला के विकास नगर क्षेत्र में भी पेड गिरने से दो गाडियां क्षतिग्रस्त हो गई जबकि आईजीएमसी के पास पेड़ गिरने से कई घंटे अस्पताल के लिए रिज की ओर से यातायात बंद रहा उधर लाहौल स्पिति के थिरोट नाला में दो दिन पूर्व आई बाढ़ के चलते साढ़े चार मेगावाट क्षमता की थिरोट पनविद्युत परियोजना में दो दिनों से बिजली उत्पादन बंद है इस कारण लाहौल घाटी के कई क्षेत्र अंधेरे में डुबे हए हैं जिससे घाटी में संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्यों के मैदानी और मध्यम उंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

मेले के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं

उन्होंने ये भी कहा कि भिंजर मेले के दृष्टिगत जम्मू कश्मीर और अन्य पड़ौसी राज्यों से लगती सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है